इस पर छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च हुई है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक उच्चस्तरीय बैठक में इस योजना की समीक्षा के दौरान यह बात कही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध शिकायत पोर्टल की भी शुरुआत की इस ऑन लाइन पोर्टल पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं

सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी इस मौके मौजूद रहे राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि भाजपा के शासनकाल में हमेशा ही बागवानों और किसानों की उपेक्षा हुई है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सेब सीजन जोरो पर हैं और वर्षा से सम्पर्क मार्ग बंद होने पर सेब की फसल बर्बाद हो रही है कुलदीप राठौर ने भारी बारिश के कारण प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता देने और उनके पुर्नवास के अलावा सम्पर्क सड़कों को बहाल कर बागवानों के उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाने की सरकार से मांग की है बरागटा भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा है कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त अधिकांश सड़कों को बहाल कर दिया गया है एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर किया जा ताकि सेब की फसल को समय पर मंडियों तक पहुंचाया जा सके बरागटा ने रोहड् व ठियोग के एसडीएम को बरसात से हुए नुकसान का मूल्यांकन कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं नियुक्ति मुख्य सचिव बीकेअग्रवाल को केन्द्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने लोकपाल के सचिव पद पर नियुक्ति प्रदान की है इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिए गए हैं एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के मानसून सत्र और बीके अग्रवाल को सचिव लोकपाल बनाए जाने संबंधी खबर को प्रमुखता दी है ऊना शराब प्रकरण पर अमर उजाला और दैनिक जागरण के लगभग एक जैसे शब्द हैं विधानसभा में विवाद के बाद ट्रेनिंग पर भेजे एसपी ऊना गतिरोध खत्म दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के हवाले से लिखा है हिमाचल में बनेंगे छह हेलीपोर्ट हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा हैलीपेड हिमाचल दस्तक के शब्द है विधानसभा में रखे सीएम के जवाब से भड़क गए कर्मचारी दैनिक भास्कर ने बकौल उद्योग मंत्री लिखा है स्टोन कशरों पर लगी रोक हटवाने जाएंगे हाईकोर्ट बी के अग्रवाल सचिव लोकपाल के पद पर नियुक्त शीर्षक से अजीत समाचार ने लिखा है बाल्दी होंगे प्रदेश के नए मुख्य सचिव दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बी के अग्रवाल मोदी सरकार में होंगे सचिव लोकपाल हिमाचल दस्तक का शीर्षक है बाल्दी होंगे नए मुख्य सचिव वर्तमान सीएस बीके अग्रवाल दिल्ली जाएंगे राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने को दैनिक सवेरा टाइम्स ने शीर्षक दिया है हिमाचल के पौने दो लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ा अमर उजाला ने लिखा है सूबे के ढाई लाख कर्मियों को सितंबर में मिलेगी बढ़ी पगार